केन्द्र सरकार ने देश में गैर कानूनी ांग से प्रवास के लिये आने वाले लोगों के लिये कई कदम उठाये है इनमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाना सीमा स्रक्षा बलों द्वारा चौक्सी बढ़ाना आध्निक तकनकी का प्रयोग और स्मार्ट फेंसिंग शामिल है

उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अन्रूप प्रकाशित किया जायेगा देश के अन्य हिस्सों में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के सम्बध में पूरक प्रश्न पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि देशभर में गैर कानूनी ांग से प्रवास के लिये आये लोगों और घ्सपैठियों की पहचान की जायेगी और उन्हें वापिस भेज दिया जायेगा

यह निर्णय देश के एक विशेष किसम के बांध बनाने के लिये एक समान स्रक्षा प्रक्रियाओं का आवश्क्ताओं को प्रा करेगा

इस विधेयक में बांध के नियमित निरीक्षण आपातकालीन कार्य योजना व्यापक बांध स्रक्षा समीक्षा बांध की स्रक्षा के लिए पर्याप्त म्रम्मत और स्रक्षा नियमावली सहित बांध् से सम्बधित सभी मुद्दों का उल्लेख है

पकड़े गये आरोपी की पहचान विनोद क्मार गांव बड़ोपल निवासी के रूप में हुई है प्लिस के अन्सार विनोद खेरातीखेड़ा गांव के अमरजीत से हेरोइन लेकर आया था आरोपी को आज अदालत में पेश किया गया अदालत ने उसे प्लिस रिमांड पर भेज दिया है

सामाजिक अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी दवारा वकीलों पर की गई कथित टिप्पणी से नाराज़ बार एसोसिएशन ने मंत्री जी की विरूदव म्ख्य न्यायिक दंडाधिकारी राम अवतार पारीक की अदालत में अवमानना की याचिका दायर की है

याचिका में कहा गया है कि देश की आज़ादी में वकीलों की अहम भ्रमिका रही है भारत का संविधान बनाने में वकीलों की महता को भुलाया जा सकता वकील समूदाय को पूरे देश में सम्मान है

वकीलों का कहना है कि उनकी इस टिप्पणी से वकीलों की गरिमा पर असर पडा ाहै

हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सीएम विंडो पर आई भ्रष्टाचार पर कड़ा संज्ञान लेते हये विभिन्न मामलों में एफआईआर दर्ज करने और सरकारी कर्मचारियों दवारा शिकायतों के निपटान में लापरवाही बरतने के कारण विभागीय जांच के निर्देश दिये है

उन्होंने बैठक में विकास एवं पंचायत विभाग के अंतर्गत प्राप्त एक शिकायत पर संज्ञान लेते हये पानीपत जिले के उपाय्क्त को सरपंच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के भी निर्देश दिए है हरियाणा में करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अन्संधान संस्थान को बेहतर कारग्जारी के लिये देश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों एवं चार मान्य विश्वद्यिालय में प्रथम स्थान पर रहा है

हरियाणा के मुख्य सचिव श्रीमती केशनी अरोड़ा की अध्यक्षता में हई राज्य आयष सोसायटी की बैठक में प्रस्ताव को सैदांतिक मंजूरी प्रदान की गई

हरियाणा में आज सावन के पहले दिन मंदिरों में श्रद्वाल्ओं की भीड़ रही यम्नानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि स्बह से मंदिरों में श्रद्वाल्ओ का तांता लगा रहा प्राचीन श्री केदारनाथ आदी बद्री प्राचीन शिव मंदिर बापा रादौर प्राचीन श्री पातालेश्वर महादेव पीठ बूडिया में श्रद्वाल्ओं ने भोले का जलाभिषेक कर मंगल कामना की वहीं आज मंदिरों में श्रावणमास की कथा श्रू हो गई है

उपाय्क्त ने बताया कि म्ख्यमंत्री राहत कोष के तहत लाईलाज बीमारी से ग्रस्त असहाय लोगों को उपचार के लिए सहायता राशि प्रदान की जाती है महेंद्रगढ़ जिले जिले की नहरों में अब लगातार अक्टूबर के अंत तक नहरी पानी चलाया जायेगा

उपाय्क्त जगदीश शर्मा ने बताया कि इस संबंध में सिंचाई विभाग ने तैयारियां कर ली हैं